इस योजना का लक्ष्य राज्य में स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा से निर्मित बिजली की सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना है इससे हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर भारत में विद्युत पारेषण क्षमता में वृद्वि होगी

ऊना में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस परियोजना को सतलुज नदी के जलागम क्षेत्र से जुड़े सात जिलों में संचालित किया जाना था उन्होंने कहा कि परियोजना के मंजूर न होने से इन जिलों के लोगों को नुक्सान झेलना पड़ेगा